नई दिल्ली में आज आयकर दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि कर लगाने के पीछे बडा सिद्धान्त धन का बेहतर और समान पूर्नवितरण है विकास की ओर अग्रसर कोई भी देश राजस्व प्राप्ति की अनदेखी नहीं कर सकता वित्तमंत्री ने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए आयकर के समी विमागों को मिलकर काम करना चाहिए उन्हेांने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि करदाताओं में विश्वास पैदा करने की भी जरूरत है सीतारामन ने कहा कि समन्वित कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल से करवंचना में कमी लाई जानी चाहिए इस मौके पर वित्त मंत्री ने टैक्सलॉग नामक एक जर्नल का विमोचन भी किया इसमें टैक्स संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण में मदद भिलेगी वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकर ने लोक सम्पर्क कार्यक्रम के लिए आयकर विभाग द्वारा विकसित की गई विज्ञापन किट का शभारम्भ मी किया वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इकत्तीस जुलाई से बढाकर इकत्तीस अगस्त कर दी गई है सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है कि यह फैसला ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयां आ रही हैं इनमें एक कारण यह भी है कि मूल्यांकन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए फॉर्म सिक्सटीन जारी करने की तारीख बढा दी गई थी नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे कर लिए हैं इतने कम समय में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश में शिक्षा प्रणाली को बढावा देने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्ष वाली समिति ने ये मसौदा तैयार किया है समिति ने स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा अयोग की स्थापना के लिए कई सुझाव दिये हैं इसके अलावा अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो निजी स्कृल मनमाने तरीके से स्कृल की फीर्स में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे विश्व स्तर के शिक्षण संस्थानों को बनाने के लिए बजट में चार सौ करोड रूपये आवंटित किये गए हैं इसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देने को लिए राष्ट्रीय अनुसान फाउंडेशन की स्थापना करने का भी प्रावधान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कार्यक्रम की पिछली कडी में उन्होंने प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार प्रेमचन्द की कहानियों का उल्लेख करते हए कहा था कि इन कहानियों में निहित संदेश आज भी प्रासंगिक है आपने कई बार मेरे मृंह से सुना होगा कि बुके नहीं बुक मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार और फलो की बजाय किताबें दे सकते हैं तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं मुझे हाल ही में किसी ने श्रश्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां श्र्नाम की प्रस्तक दी मुझे बहत अच्छा लगा प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में समाज का जो यर्थाथ चित्रण किया है पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है

सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को मी छू गई करगिल युद्ध में देश के विजय और इस युद्ध के नायकों को याद करने के लिए हर वर्ष छबबीस जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है हमार्रे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में भी इस अवसर पर लोग करगिल यद्ध के सेनानियों को याद कर रहे हैं आज वो हमारे बीच में नहीं हैं इसका आपार कष्ट है मुझे लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने बहत कम समय में देश की रक्षा करते अपने प्राणों को अर्पण किया और इतिहास में अपना नाम अंकित किया

भारतीय सेना को वो जांबाज अफसर जिसने करगिल की पहाडियों में दृश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत पाई और उन्हे देश के सबसे बडे वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया आकाशवाणी समाचार से बातचीत के दौरान कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे ने अपने बेटे की यादों को साझा किया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ